राज्य में सभी स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान फिलहाल रहेंगे बंद

और प्रदेश में मौसम ने बदली करवट कई स्थानों पर वर्षा व तेज हवाएं चलने से फसलों को नुकसान कैबिनेट प्रदेश मंत्रिमंडल ने पहली जून से राज्य में सरकारी और निजी बसें चलने का निर्णय लिया है ये फैसला मंत्रिमंडल की शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया

ये बसें कंटेनमेंट जोन में नहीं रूकेंगी मंत्रिमंडल ने फिलहाल अंतर्राज्यीय बस सेवा आरंभ न करने का निर्णय लिया है इसके अलावा एसी बसों के परिचालन को भी फिलहाल बंद रखा गया है सोमवार से प्रदेश में टैक्सी ऑटो और ई रिक्शा भी चलेंगे मंत्रिमंडल ने सैलून बार्वर और फेरी वालों को भी कामधंधे की इजाजत दे दी है लेकिन इन सभी को तय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा प्रदेश में सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाईन शिक्षा प्रदान कर रहे निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने की ही अनुमति होगी निजी स्कूलों को ये भी आदेश दिए गए हैं कि किसी भी अध्यापक या कर्मचारी को नौकरी से न निकाला जाए और न ही इनका वेतन काटा जाए एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बेसहारा गायों को प्रदेश की सड़कों से हटाने के लिए एक महत्वकांक्षी योजना को मंजूरी दी है योजना के तहत प्रदेश के समस्त गौवंश का पंजीकरण किया जाएगा और सभी गौ सदनों को उनकी क्षमता के अनुसार बेसहारा गायों को आश्रय प्रदान करने के लिए कहा जाएगा इन सभी गायों के पालन पोषण के लिए सरकार प्रति गाय हर महीने पांच सौ रूपए देगी

इसके अलावा बैठक में कांगड़ा जिले के देहरा गोपीपुर में पूर्व व सेवारत्त सैनिकों की सुविधा के लिए ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक और सीएसडी कैंटीन स्थापित करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को निशुल्क भूमि हस्तांतरित करने की भी स्वीकृति दी गई बैठक इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति व अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता भी की

बैठक में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर और मुख्य सचिव अनिल खाची सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे बिक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने कांगड़ा ज़िला के जसवां परागपुर के देहरा गोपीपुर में सीएसडी कैंटीन और ईसीएचएस पॉली क्लीनिक खोलने के लिए जमीन रक्षा मंत्रालय के नाम स्थानांतरित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है बिक्रम ठाकुर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से कांगड़ा ज़िला के पूर्व सैनिकों की वर्षो से लंबित मांग पूरी होगी तथा इससे हज़ारों मौजूदा और पूर्व सैनिकों को फायदा होगा प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में शिमला जिले के किसानों व बागवानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आगामी सेब सीजन को देखते हुए फलों व सब्जियों के सुचारू विपणन के प्रबंध करने का आग्रह किया इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने फलों व सब्जियों के भण्डारण के लिए कोल्ड स्टोर की व्यवस्था करने व पैकिंग सामग्री उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को सेब व सब्जियों के विपणन और पैकिंग के लिए समुचित प्रबंध करने का आश्वासन दिया फेक न्यूज प्रदेश सरकार ने राज्य में अनिश्चितकाल तक कर्फ्यू लागू करने और आगामी तीन दिनों तक सभी सरकारी कार्यालय बंद रखने के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लिया है एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर इस संबंध में फैलाई जा रही अफवाह पूरी तरह आधारहीन और असत्य है प्रवक्ता ने लोगों से इस भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि इस तरह का भ्रामक प्रचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी धुमल भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज समीरपुर से कोरोना योद्वाओं व जरूरतमंदों के लिए आवश्यक सामग्री की खेप भेजी सांसद मोबाईल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से वितरित होने वाली इस सामग्री में सेनेटाईजर मास्क ग्लबस सहित पीपीई किट मुहैया करवाई गई है इस अवसर पर धूमल ने कहा कि कोरोना के खिलाफ सभी को मिलकर लड़ने की ज़रूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने से ही इस बीमारी से बचा जा सकता है कोरोना अपडेट प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ौतरी जारी है

विकमादित्य कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने लॉकडाउन के चलते प्रदेश के होटल व्यवसायियों को नुकसान से उबारने के लिए प्रभावी कदम उठाने की प्रदेश सरकार से मांग की है होटल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र से भेंट की प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से लॉकडाउन के दौरान बैंक ऋणों में व्याज दर माफ करने बिजली पानी व अन्य सभी करों को निरस्त करने सहित कर्मचारियों को सरकारी कोष से इस अवधि से वेतन देने की मांग भी की मुख्यमंत्री ने होटल व्यवसाय को पुर्नजीवित करने के लिए हरसंभव कोशिश करने का आश्वासन दिया डीसी लाहौल लाहौल स्पीति ज़िले में लोगों ने कृषि और अन्य निर्माण कार्यों के लिए कामगारों को लाने पर लगाए गए प्रतिबंध के हटने से राहत महसूस की है कामगारों को घाटी में लाने के लिए लोगों को उपायुक्त और एसडीएम कार्यालय केलंग में आवेदन करना होगा उपायुक्त केके सरोच ने बताया कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण लाहौल घाटी में लोगों को काम के लिए काफी कम समय मिल पाता है ऐसे में बिना कामगारों के कृषि व अन्य विकासात्मक कार्य प्रभावित हो रहे हैं

मौसम प्रदेश में मौसम ने आज फिर करवट बदली है राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में दोपहर बाद वर्षा और तेज हवाए चलने का समाचार है कुल्लू ज़िला में तेज़ हवाए चलने से कई पेड़ों की टहनियां टूट गई और बिजली के खम्बे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं आंधी व तूफान के चलते किसानों बागवानों की फसलों को काफी नुकसान पहंचा है इधर राजधानी शिमला व इसके आस पास के इलाकों में भी शाम के समय जोरदार वर्षा हुई है इस बीच मौसम विभाग ने अगले तीन चार दिन मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है

उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स ने कोरोना योद्वाओं की भूमिका निभाते हुए लोगों निशुल्क मास्क वितरित किए और उन्हें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए भी प्रेरित किया उपायुक्त संदीप कुमार ने भी एनसीसी कैडेट्स द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की है